आज मथुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया है श्री कोविंद ने इससे पूर्व वन्दावन के रामकष्ण मिशन द्वारा संचालित धर्मार्थ चिकित्सालय में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए अत्याध्रनिक तीन सौ बेड वाले शारदा ब्लॉक का उदघाटन एवं लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानन्द के नर सेवा ही नारायण सेवा के मुल भाव को ध्येय बनाकर की गई थी उन्होंने कहा कि रामकृष्ण भिशन अपने इस अस्पताल के द्वारा पिछले एक सौ बारह वर्षों से गरीब रोगियों की लगातार सेवा करता आ रहा है जो अत्यंत सराहनीय है श्री कोविंद ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि जिस अस्पताल में महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी महान हस्तियां आयीं वहां आने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ राष्ट्रपति ने विवेकानन्द के विचारों को याद करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि उन्नत उपकरणों के साथ मिशन का यह अस्पताल गरीब रोगियों की सेवा करने में सक्षम होगा इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे एक दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए राष्ट्रपति आज सुबह बांकेबिहारी मंदिर भी गये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नाथूराम गोडसे को देशमक्त करार देने संबंधी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकर की कथित टिप्पणियों की निन्दा की है आज लोकसभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया और सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की इसका जवाब देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी देश के आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे उन्होंने गोडसे का समर्थन करने वाली विचारधारा की कड़े शब्दों में आलोचना की कांग्रेस सहित विभिन्न पार्टियों के सांसदों का कहना था कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए लेकिन अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे स्वीकार नहीं किया बाद में कांग्रेस डी एम के टी एम सी और अन्य सांसदों ने इस मुद्दे पर लोकसभा से वॉकआउट कर दिया भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकूर ने कल लोकसभा में यह विवादास्पद टिप्पणी की थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी नाथूराम गोड़से के बारे में प्रज्ञा ठाकुर की टिप्पणी की निंदा की है पुद्चेरी की उप राज्यपाल और सेवानिवृत्त आई पी एस अधिकारी किरण बेदी ने अयोध्या मामले पर उच्चतम है इन्यायालय के फैसले के बाद शांति व्यवस्था बनाये रखने और कंभ के सफल आयोजन के लिए प्रदेश पुलिस की सराहना की हैं लखनऊ में आज दो दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उदघाटन करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान जो व्यवस्था रही और अयोध्या पर फैसले के बाद जो सुरक्षा इंतजाम रहे उन्हें लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सराहना की पात्र है प्रदेश पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मिलकर इस कांग्रेस का आयोजन कर रहे हैं उन्होंने प्रदेश पुलिस की ऐसी उपलब्धियों की चर्चा की जिन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है कांग्रेस के लिए जिन विषयों का चयन किया गया है उनमें पुलिसिंग में सुधार पुलिस के समक्ष चुनौतियां आवश्यक उपाय फोरेंसिक साइंस संसाधन उन्नयन और जांच में उनका प्रभावी उपयोग महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा आदि शामिल हैं केन्द्र सरकार ने सरकारी टेलीफोन कम्पनियों बी एस एन एल और एम टी एन एल को प्रतिस्पर्धी और पेशेवर बनाने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केन्द्र ने बी एस एन एल और एम टी एन एल में सुधार के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि दोनों दूरसंचार कम्पनियों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का फायदा देने का प्रस्ताव किया गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में हुयी अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में नौ लोगों की मृत्यु हो गयी और पैंतीस अन्य घायल हो गये गोरखपुर जिले के खोराबार क्षेत्र में आज बस और कार के आमने सामने से हुई टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये दुर्घटना सुबह नौ बजे जगदीशपुर पुलिस चौकी के निकट हुई जब एक कार गोरखपुर आ रही परिवहन निगम की बस से सामने से टकरा गयी दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी जबकि तीन अन्य को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया एक अन्य हादसे में चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र में तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई जिससे उसमें सवार दो लोगों की मृत्यु हो गई और अन्य आठ घायल हो गये वहीं कन्नौज के तिर्वा क्षेत्र में एक डबल डेकर बस के पलट जाने से उसमें सवार चार यात्रियों की मृत्यु हो गयी और पच्चीस अन्य घायल हो गये